वे पिछले कई दिनों से बीमार थे और इस माह की दस तारीख से नई दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे उनका मरितष्क का भी ऑपरेशन हआ था

उन्होंने पांच दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक उच्च पदों पर आसीन रहे डॉ प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने गहरी संवेदना जताई है राष्ट्रपति ने कहा कि श्री प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा उनका देहावसान एक यूग की समाप्ति है श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार मित्र जनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ उप राष्ट्रपति ने शोक संवेदना जताते हुए कहा कि उन्होंने अनुशासन समर्पण भावन और कार्य की बंदौलत देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉ प्रणब मुखर्जी के निधन से देश के सभी लोग दुखी हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वे भारतीय राजनीति में खालीपन छोड़ गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका जाना मेरी निजी क्षति है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनकांग्रेस के राहुल गांधी और एनसीपी के शरद पवार समेत कई नेताओं ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

इन चार राज्यों में कोविड के मामलों में अचानक तेजी देखी जा रही है और उनमें से कुछ में मृत्यु दर का प्रतिशत भी बढा है ये दल कोरोना के पॉजिटिव मामलों की रोकथाम निगरानी जांच और कृशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करेंगे ये दल कोरोना का समय पर निदान से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए राज्यों का मार्गदर्शन करेंगे प्रत्येरक दल में एक महामारी विशेषज्ञ और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे

ये दल वहां के अधिकारियों से कोविड से निपटने की चुनौतियों और विभिन्नव मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं राज्य में कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होनेवाले लोगों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है अबतक सात लाख पचपन हजार से ज्यादा नमूनों की जांच में सात लाख सत्रह हजार चार सौ लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है

इनमें छब्बीस हजार चार सौ अड़तालीस लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि ग्यारह हजार पांच सौ सतहतर संक्रमितों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है

कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर अड़सठ दसमलव आठ तीन प्रतिशत हो चुकी है

कोरोना से सबसे ज्यादा एक सौ तिरासी मौतें पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई है

इस सिलसिले में रामगढ़ जिले के विभिन्न प्रखंडों में बनाए गए शिविरों में कुल पांच सौ दो लोगों ने जांच को लेकर नमूने दिए सिमडेगा जिले में बनाए गए तीस शिविरों में जांच कराने वाले दो हजार पांच सौ तैंतालीस लोगों में सैंतालीस संक्रमित पाए गए हैं पाकड़ जिले में भी विशेष अभियान को लेकर इकतालीस शिविरों में लोगों के नमूने कोरोना की जांच के लिए लिए गए उपायुक्त ने बताया कि पूरे जिले में सात हजार लोगों की जांच करने का लक्ष्य इस अभियान के तहत रखा गया है सिमडेगा जिले के कोरोना से स्वस्थ हो चुके तीन पुलिसकर्मी रांची के रिम्स में प्लामा दान करेंगे इनमें सब इंस्पेक्टर सिल्वेस्टर केरकेट्टा एएसआई अमूल तिर्की और हवलदार तिलवर तिर्की शामिल हैं इनके प्लाज्मा का इस्तेमाल कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जाएगा जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने इन तीनों को प्लाज्मा दान करने के लिए शुभकामनाएं दी है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उडानों के नियमित संचालन पर लगी रोक को तीस सिंतबर तक बढा दिया है आज जारी परिपत्र में डीजीसीए ने कहा कि मालवाहक अंतर्राष्ट्री य उडानों और विशेष रूप से स्वीककृत की गई उडानों पर यह रोक लागू नहीं होगी हालांकि चुनिंदा हवाई मार्गों पर पहले से स्वीजक्रत की गई अंतर्राष्ट्री य उडाने जारी रहेगी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में अंग्रेजी विभाग की ओर से स्कोप एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन रिसर्च पर आयोजित दो दिवसीय नेशनल वेबिनार का ऑनलाइन उदघाटन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को हम मिल जुलकर साकार करेंगे इस वेबिनार में देश भर के कई वक्ता शामिल हो रहे हैं

सफदरजंग अस्पताल में श्वसन चिकित्सा विभाग में प्रोफेसर डॉ नीरज गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे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

जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने नीट परीक्षा को लेकर अधिकारियों और सभी केंद्र अधीक्षकों तथा समन्वयकों के साथ बैठक कर उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार तैयारियां करने को कहा उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों के अलग अलग कमरों में परीक्षार्थियों के प्रवेश और निकासी के लिए टाइम स्लॉट बनाएं और परीक्षार्थियों के साथ आनेवाले अभिभावकों के लिए शेल्टर होम भी बनाया जाए उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों में बीस प्रतिशत मास्क सुरक्षित रखने और पर्यवेक्षकों तथा कर्मियों की मेडिकल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य रुप से कराने के निर्देश दिए

जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के पद पर रहते हुए अनुप बिरथरे ने पूर्व पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय के मौखिक आदेश पर पांच मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाला था इन पांचों नंबर के सीडीआर का उपयोग पूर्व डीजीपी उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना को लेकर दायर मुकदमे में किया गया था पूरे मामले की जांच सीआईडी ने की थी हजारीबाग जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर नंद किशोर महतो सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है संगठन के महिला विंग की मुख्य कमांडर एवं संरक्षक काजल विश्वकर्मा को भी रांची के सिकीदरी से पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन उग्रवादियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी कट्टा एक देसी राइफल और तीन जिंदा कारतूस इंडिगो कार और चार चार मोबाइल सेट भी बरामद किया है इन सभी के खिलाफ बड़कागांव उरीमारी और पतरातू थाना में लेवी वसूली के कई मामले दर्ज हैं खूंटी पुलिस ने साढ़े पांच क्विंटल डोडा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है उसकी निशानदेही पर रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित दलादिली में पुलिस ने छापेमारी कर और सत्रह क्विंटल डोडा बरामद किया पुलिस उपाधीक्षक आशीष महली ने बताया कि ये तस्कर डोडा की सप्लाई चतरा लातेहार समेत दूसरे राज्यों को करते थे लातेहार जिले के केचकी रेलवे स्टेशन के समीप आज मालगाड़ी की चपेट में आने से पांच हिरणों की मौत हो गई वन विभाग के अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहंचकर पूरे मामले की छानबीन की उन्होंने बताया कि जहां घटना हुई है वह इलाका पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पड़ता है ऐसे में हिरणों का झुंड रेलवे ट्रैक को पार कर रहा होगा उसी दौरान मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौत हुई होगी चतरा जिले में आज तीन बच्चों की तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई सदर थाना क्षेत्र के डोमन बगीचा स्थित जयपुर तालाब की यह घटना है इन सभी बच्चों की उम्र दस साल से कम थी और उनके परिजन शहर के लाइन मोहल्ले के रहने वाले हैं पुलिस ने तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है

इन घायलों में पांच की हालत गंभीर है एक ट्रेलर के विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से भिड़ंत होने के बाद पीछे से आ रहे दो छोटे वाहनों की इस गाड़ियों से टक्कर होने से यह दुर्घटना हुई